उन्नीस मार्च दो हजार सत्रह को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी लखनऊ में लोकभवन में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में उनकी सरकार ने राज्य का चहुमुखी विकास किया है उन्होंने बताया कि प्रदेश को सफलता की ओर अग्रसर करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाई श्री योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और विकास की सुविधाओं के कारण प्रदेश की छवि बेहतर हुई है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार किया तथा स्वास्थ्य कृषि रोजगार बिजली महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हई मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है दो हजार सोलह तक राज्य में बारह मेडिकल कॉलेज थे अब राज्य में तीस नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं श्री योगी ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारजनों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं पहंचा है उन्होंने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी चरण दो पर ही स्थिर है डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग अलग जगहों से लिये गये पांच सौ नमूनों में से किसी में भी नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया उन्होंने बताया कि भारतीय विकित्सा अनुसंधान परिषद की बहत्तर प्रयोगशालाओं में इस वायरस के जांच की व्यवस्था है इनके अलावा सरकारी क्षेत्र की उन्चास अन्य प्रयोगशालाओं को भी इस काम में जोड़ा गया है डॉक्टर भार्गव ने कहा कि परिषद दो ऐसी प्रयोगशालाएं भी स्थापित कर रही है जिनमें प्रतिदिन चौदह सौ नमूनों की जांच की जा सकेगी ये प्रयोगशालाएं इस सप्ताह के अंत तक चालू हो जायेंगी गोरखपुर के मण्डलायुक्त जयन्त नार्लिकर ने कल जनपद महराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर स्थापित चेकपोस्ट का निरीक्षण किया और कोरोना वायरस से निपटर्न की तैयारियों का जायजा लिया श्री नार्लिकर ने सोनौली और दूठीवारी सीमा पर बने चेक पोस्ट पर आने जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए मंडलायुक्त ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को जनपदों में स्थापित कन्ट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए इन हेल्यलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है

मंडलायुक्त ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए इन नम्बरों पर सम्पर्क कर सकता है जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा है

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सतर्कता और बचाव जरूरी है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा श्रोता स्ट्रेडियों में मौजूद विशेषज्ञों से अपने प्रश्न टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर पूछ सकते हैं नम्बर एक बार फिर सुन लें एक आठ शुन्य शुन्य एक एक पांच सात छः सात हमारे टेलीफोन नम्बर शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथ ही हमारे ट्वीटर हैंडल ऐट ए आई आर न्यूज अलर्ट्स पर बाई हैश टैग आस्क ए आई आर पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं यह परिचर्चा एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से सुनी जा सकती है इसे हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल तथा हमारे एप न्यूज ऑन ए आई आर पर भी सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित अपने कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे